दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राट् अभियान से प्रेरित होकर तीन इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह देखने में आया है कि कई मामलों में अस्पताल में भर्ती होने को चौबीस घंटे के मीतर मरीज की मृत्यू हो गई है मुख्य सचिव ने इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को त्वरित जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं साथ ही कलेक्टरों को कहा है कि पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजनयुक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के संबंध में कहा कि मास्क लगाना दो गज की सुरक्षित दूरी और हाथ की सफाई का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है साथ ही कोरोना के लक्षणों के बारे में भी जागरूकता लाकर चौबीस घंटे के भीतर कोरोना जांच कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच देरी से कराने के कारण होने वाली मृत्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों द्वारा सर्दी खांसी ब्रुखार थकान आदि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह लोगों को दी जा रही है विशेषज्ञों का कहना है कि हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराना चाहिए तभी रिकवरी की संभावना अधिक रहती है दूसरी ओर भारत बायोटेक ने कोरोना के टीके को वैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला यह परीक्षण छब्बीस हजार वॉलेंटियर पर किया जाएगा यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लीनिकल परीक्षण है भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है भारत बायोटेक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से को वैक्सीन टीका बना रही है कोरोना जागरूकता इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्द साहित्यकार कथाकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

इस दौरान माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने और बस्तर में सीआरपीएफ की दो और बटालियन की तैनाती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने गंभीरतापूर्वक विचार कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में लौह अयस्क प्रच्रता से उपलब्य है यदि बस्तर में इस्पात संयंत्रों को तीस प्रतिशत रियायत दी जाए तो सैकड़ों करोड़ रूपये का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे मुख्यमंत्री ने लघू वनोपज वन औषधियां और अन्य उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण तथा विक्रय की व्यवस्था के लिए कोल्ड चैन निर्मित करने अनुदान दिए जाने का भी आग्रह किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजीविका विकास बैंकिंग सुविधा सड़क और आधारभूत संरचनाओं के विकास संबंधी मृद्दों पर भी केंद्रीय गह मंत्री से चर्चा की बताया गया है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की रायपुर में जल्द ही एक बैठक भी होगी वहीं मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने एफसीआई के अतिरिक्त राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से बायो इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया साथ ही वनांचल क्षेत्रों में मिटटी के तेल का कोटा बढाने की मांग भी की कौशिक बयान इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में माओवादियों पर अंकृश लगाने के लिए राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट और ठोस कार्ययोजना नहीं है केवल पत्र लिखकर सियासत करना राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य है श्री कौशिक ने कहा कि माओवाद के उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र में माओवाद के खात्मे के लिए कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार माओवाद के उन्मुलन को लेकर गंभीर है और केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं रायपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक ले चुके हैं धान खरीदी बैठक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी एक दिसंबर से शुरू होगी इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज मंत्रालय से सभी संभागीय कमिश्नरों कलेक्टरों जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा कीँ इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम धान खरीदी की तैयारी और उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण के संबंध में जरूरी निर्देश दिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में किसानों से धान एक दिसंबर से खरीदा जाएगा इस वर्ष लगभग नब्बे लाख भीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है जिसकी कीमत करीब साढे बाईस हजार करोड़ रूपये होगी उन्होंने इसके लिए सभी कलेक्टरों को समुचित तैयारी करने कहा ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पडे इस बार बारदानों की कमी को देखते हए पीडीएस का एक लाख गठान और राईस मिलर्स से लगभग दो लाख गठान पुराने बारदानों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है जकांछ बैठक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी का प्रनर्गठन किया गया है कमेटी की विशेष बैठक कल अट्ठारह नवंबर को आयोजित की जा रही है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा उन्होंने कहा कि खैरागढ़ और बलौदाबाजार में विधायक इस्तीफा दो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा

इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही भिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के टेलीफोन नंबर शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच शुन्य एक और दो चार तीन शुन्य पांच शुन्य दो पर पच्चीस से सत्ताईस नवंबर तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की इस मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तेरहवीं कड़ी का प्रसारण तेरह दिसंबर को सुबह साढ़े दस बजे से होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे ईपीएफओ जीवन प्रमाण पत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने पेंशनधारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक सौ पैंतीस क्षेत्रीय कार्यालयों और एक सौ सत्रह जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाक घर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकता है यह प्रमाण पत्र देशमर में फैले सामान्य सेवा केन्द्रों और ईपीएफ पेंशनधारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं माओवादी आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में तीन इनामी माओवादियों ने लोन वर्रादू अभियान से प्रेरित होकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है ये माओवादी मलांगीर और कटेकल्याण एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय थे इन पर विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है पुलिस ने तीनों माओवादियों पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया था उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्रादू अभियान के तहत पिछले चार माह में पचपन इनामी सहित दो सौ दो माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं मौत जांच निर्देश रायपुर जिले में अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केन्द्री में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत का मामला सामने आया है मृतकों में दो बच्चे दो महिलाएं और एक पुरूष शामिल हैं इन सभी का शव घर में ही मिला है घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों की टीम ँ गौके पर पहुंची फिलहाल घटना की जांच की जा रही है इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साह ने केन्द्री गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं उन्होंने जिले के वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक अजय यादव से फोन पर चर्चा कर मौत के कारणों का पता लगाने और इसकी गहराई से जांच कराने को कहा है धमतरी जिला जेल जिला जेल धमतरी के बंदियों को पेशी के लिए अब न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिला जेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बंदी सीघे न्यायालय से जुड़ेंगे और वार्ता कर सकेंगे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंदियों की पेशी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तकनीकी विवि मान्यता छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग की यूटीडी में संचालित एम टेक इन अर्बन प्लानिंग पाठयक्रम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ने मान्यता दे दी है इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय अर्बन प्लानिंग में एम टेक कराने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है विश्वविद्यालय में यूटीडी की शुरूआत के दूसरे साल में यह कोर्स शुरू किया गया था जिसे सबसे अधिक रूझान मिला सड़क चौड़ीकरण राजधानी रायपुर के कोतवाली से गांधी चौक तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है इस चौड़ीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर नगर पालिक निगम रायपुर से जवाब मांगा है याचिकाकर्ताओं ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई को नियम विरूद्व बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी याचिकाकर्ताओं ने कहा है नगर पालिक निगम रायपूर द्वारा सिटी कोतवाली से लेकर नगर निगम मुख्यालय गांधी चौक तक बिना मुआवजे और व्यवस्थापन के सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है जो नियम विरूद्व है राजनांदगांव नसबंदी पखवाडा परिवार नियोजन में पुरूषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व पुरूष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन आगामी इक्कीस नवंबर से चौर दिसंबर तक किया जाएगा राजनांदगांव के मुख्य जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि इस पखवाड़े के माध्यम से पुरूष नसबंदी के बारे में समाज में जागरूकता लाना और प्ररूषों में नसबंदी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस पखवाड़े को दो चरणों में मनाया जाएगा इस दौरान पुरूषों को नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह इक्कीस से सत्ताईस नंवबर तक और दूसरे चरण में अट्ठाईस से चार दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया जाएगा छठ पर्व प्रदेश में लोक आस्था के पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं छठ पूजा को लेकर राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन की देखरेख में पूरी सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा इस दौरान श्रद्धाल् छठ घाट भें पूजा कर सकेंगे जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आयोजक जवाबदेह होंगे राज्य शासन के दिशा निर्देश के बाद दूर्ग और कोरिया सहित अन्य जिलों में भी प्रशासन ने छठ पूजा के संबंध में आदेश जारी किए हैं इस बार छठ पर्व की शुरूआत बीस नवंबर से होगी संक्षिप्त समाचार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे लाला लाजपत राय के अमूल्य बलिदान और योगदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा जिले के मैनपाट के आदर्श गौठान कूनिया और नर्मदापुर में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा छठवीं और नवमीं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उन्नीस नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार में एक मकान से करीब पंद्रह से बीस लाख रूपये के जेवरात और पचास हजार रूपये नगदी चोरी का मामला सामने आया है अज्ञात चोरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे इसी जिले के चंद्रपुर में महानदी पुल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली बलरामपुर जिले में आज तीन मोटरसाइकिलों की आपस में भिडंत होने से एक पंचायत शिक्षक सहित दो लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर इलाके में आज एक डॉक्टर की नर्स पत्नी ने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली राजनांदगांव के भरकापारा स्थित इंदिरा सरोवर में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई जिसका शव बरामद कर लिया गया है कोरिया जिले के झगराखांड थाना क्षेत्र में खोंगापानी नगर पंचायत से लापता हुए बालक की अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है